प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर ने ये बात कही महेंद्र सिंह ठाकर आज सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की गैर मौजदगी में मुख्यमंत्री से ँजडे विभागों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे उन्होंने कहा कि निगमों व बोर्डो में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियों की प्रथा कोई नई नहीं है बल्कि यह पहले से चली आ रही है

उन्होंने कहा कि नालागढ़ में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मेकशिफ्ट अस्पताल को ट्रामा सेंटर में तब्दील किया जाएगा बजट चर्चा प्रदेश के अगले वित्त वर्ष के लिए विधानसभा में पेश किए गए बजट को जहां विपक्षी सदस्यों ने जमकर कोसा वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका खुले मन से ग्रणगान किया

उन्होंने कहा कि महंगाई को देखते हुए यह बहुत ही कम बढ़ोतरी है आशा कुमारी ने कहा कि जीडीपी गिर रही है और देश के साथ साथ हिमाचल में यह माइनस में है और प्रति व्यक्ति आय भी कम हई है उन्होंने बजट को जनविरोधी करार देते हुए इसकी आलोचना की आशा कुमारी ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशे लागू करने को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उन्होंने जल जीवन मिशन में की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए भाजपा के नरेंद्र बरागटा ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बजट सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है उन्होंने कहा कि इस बजट में की गई घोषणाओं से हर वर्ग को लाभ होगा और इसमें कृषि बागवानी उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा समेत कई विषयों पर फोकस किया गया है मेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अभित शाह से भेंट की जयराम ठाकर ने प्रदेश में वन स्वीकृतियों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री के साथ प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की अभित शाह ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवाचार और नई तकनीकें अपनाने की ज़रूरत बताई है तकनीकी विश्विद्यालय हमीरपुर के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने कहा कि विश्व में केवल वही देश प्रगति कर रहे हैं जिन्होंने नई तकनीकों को अपनाया है राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को आधनिक तकनीक के साथ रचनात्मक आधार पर काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सृजित किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाकर युवा रोजगार प्रदाता बन सकते हैं